न्यायालय ने यह भी कहा कि महिलाओं को कमाण्ड पोस्टिंग पर नियुक्ति दिये जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन का हवाला देते हुए सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने की बात कही गई थी

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लडाई जारी रहेगी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा परिवहन विभाग में की गई कार्रवाई के सवाल पर जवाब देते हुए श्री खाचरियावास ने कहा कि इस मामले में जो व्यक्ति दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जायेगा और निर्दोष के साथ न्याय होगा

वहीं ब्यूरो की ओर से परिवहन विभाग के सात अधिकारियों के यहां चलाये गये तलाशी अभियान में करोडो रूपये की नकदी और प्रोपर्टी के दस्तावेज भी मिले है

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने को कहा है